प्रदेश के छह स्थानों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता से सौ सौ बिस्तरों के नए अस्पताल खोले जाएंगे आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत होने वाले इलाज में राष्ट्रीय और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की दरों को किया जाएगा लागू मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर दुर्ग और रायपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की दी चेतावनी मुख्यमंत्री जगदलपुर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज जगदलपुर के धरमपुरा में मुरिया समाज के सामाजिक भवन का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बस्तर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और अगले कुछ वर्षो में रेल सहित मोबाइल कनेक्टिविटी तथा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बस्तर अव्वल होगा उन्होंने कहा कि बस्तर में शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि प्रयास के माध्यम से आज इस क्षेत्र के छात्र आईआईएम और आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक हजार हितग्राहियों को साइकिल पचास हितग्राहियों को सिलाई मशीन सौ लोगों को औजार और विवाह सहायता योजना के तहत दो हितग्राहियों को पंद्रह पंद्रह हजार रूपये प्रदान किए इसके अलावा तेईस हितग्राहियों को पावर स्प्रेयर तथा दस हितग्राहियों को विद्युत पम्प का वितरण किया पीपीपी मॉडल अस्पताल राज्य सरकार ने प्रदेश के छह स्थानों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता पीपीपी मॉडल पर सौ सौ बिस्तरों के नए अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है इन अस्पतालों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिलेंगी स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने अधिकारियों को इन अस्पताल भवनों के निर्माण के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं नए अस्पताल भवनों का निर्माण रायपुर के मठपुरैना भिलाई के खुर्सीपार धमतरी के कुरूद भाटापारा और कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में किया जाएगा आयुष्मान भारत योजना मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत होने वाले इलाज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की दरों को लागू करने का निर्णय लिया है गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक चार सौ से ज्यादा अस्पतालों ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है इधर आयुष्मान भारत योजना के तहत नर्सिंग होम से पंजीयन के लिए अधिक आवेदन आने के कारण ऑनलाइन पंजीयन करने की अंतिम तिथि पंद्रह जुलाई तक बढ़ा दी गई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक दो सौ आठ निजी अस्पतालों ने पंजीयन के लिए आवेदन दिया है उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत प्रदेश के चालीस लाख गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा उधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत योजना एचआईवी और मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए गांव गांव में नाचा और गम्मत का आयोजन किया जाएगा इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सौ से अधिक कलाकार स्थानीय बोली में नाचा गम्मत का प्रशिक्षण ले रहे हैं नाबार्ड स्थापना दिवस राज्य के कृषि और जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि किसान और गरीबों की तरक्की विकास की दिशा तय करती है श्री अग्रवाल ने कल राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सैंतीसवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नाबार्ड देश के विकास में सबसे अहम योगदान दे रहा है उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में नाबार्ड किसानों और खेतिहर मजदूरों की खुशहाली की राह आसान करेगा उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार नाबार्ड के साथ मिलकर बेहतर प्रयास कर रही है जिससे अच्छे नतीजे मिल रहे हैं श्री अग्रवाल ने कहा कि किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए धान के साथ बागवानी पश्पालन और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में भी आगे आना होगा श्री अग्रवाल ने कहा कि जल संसाधन विभाग को नाबार्ड ने सत्तर हजार करोड़ रूपये का ऋण दिया है जिससे सिंचाई योजनाओं को गति मिलेगी और सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा स्थायी वित्त पोषण फॉर्मूला प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से मुलाकात की इस दौरान श्री साहू ने प्रदेश के माओवाद प्रभावित पिछड़े जिलों के स्थायी वित्त पोषण के लिए केंद्रीय वित्त आयोग से स्थायी समाधान करने की बात कही श्री साहू ने प्रदेश के नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के लिए भी विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की

मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छात्र पुलिस कैंडेट योजना की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि यह योजना देशभर के करीब तीन हजार चार सौ चालीस स्कूलों में शुरू की गई है इस योजना के तहत छात्र पुलिस कैंडेट के एक बैच में चवालीस कैडेटों को रखा जाएगा बैच की प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष की होगी यह प्रशिक्षण आठवीं और नवमीं कक्षा के छात्रों को दिया जाएगा अधिकारियों ने बताया कि कैंडेट के रूप में पचास प्रतिशत बालिकाओं को रखा जाना आवश्यक है इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के पांच चयनित स्कूलों के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा अधिकारियों ने बताया कि आगामी इक्कीस जुलाई को हरियाणा के गुरूग्राम में इस योजना का शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है गौरतलब है कि इस योजना में चार सौ तीस करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है निर्वाचन कार्यालय निर्देश आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं कल अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को श्री साहू ने निर्देश देते हुए कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए रैम्प व्हील चेयर और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की जाए इसके लिए तहसीलदारों से आगामी अट्ठाईस जुलाई तक रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं कृषि विवि कार्यशाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के क्लपति डॉक्टर एसके पाटिल ने कहा है कि मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए खेती के नए तौर तरीके विकसित करने की जरूरत है डॉक्टर पाटिल ने कृषि महाविद्यालय में आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हए कहा कि इसके लिए मौजूदा कृषि प्रणाली में बदलाव लाना होगा उन्होंने कहा कि जलवायू परिवर्तन का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और मिट्टी पानी का संरक्षण करना होगा श्री पाटिल ने परंपरागत् खेती के स्थान पर बागवानी फसलों मोटे अनाज की खेती और पशुपालन को अपनाने पर जोर दिया कल्पेश याग्निक निधन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कल्पेश याग्निक के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि श्री याग्निक ने लेखन और पत्रकारिता के माध्यम से बहत सालों तक देश और समाज को अपनी यादगार सेवाएं दीं गौरतलब है कि एक दैनिक अखबार के समूह संपादक कल्पेश याग्निक का बीती रात इंदौर के एक अस्पताल में निधन हो गया कोंडागांव सिक्का घड़ा कोंडागांव जिले में सड़क निर्माण के दौरान एक छोटे से घड़े में सोने के सिक्के मिले हैं जो आठवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच के बताए जा रहे हैं मिली जानकारी के अनुसार जिले के कोरकोटी धनोरा रोड खुदाई के दौरान ये छोटा घड़ा मिला है जिसे सरपंच ने अन्य ग्रामीणों के साथ कलेक्टर को सौंप दिया है बताया जाता है कि सड़क निर्माण के दौरान महज एक फीट की ख्दाई में ही यह घड़ा बरामद हुआ है रथयात्रा कल ओडिशा के जगन्नाथप्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा हर्षोल्लास और उत्साह से निकाली जाएगी राजधानी रायपुर में मुख्य रथयात्रा गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी इस यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के अलग अलग रथ बनाए गए हैं भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की पूर्व संध्या पर राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाई और श्र्मकामनाएं दी हैं

ऐसे त्यौहार हम सबको एक सूत्र में बंधने का अवसर देते हैं हमारी आस्था और और आपसी सौहार्द्र बढ़ाते हैं वहीं अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को भारतीय संस्कृति में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया है उन्होंने भगवान जगन्नाथ भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा से देश में इस वर्ष मानसून के दौरान अच्छी बारिश के लिए भी आशीर्वाद मांगा है मुख्यमंत्री ने भगवान ज गन्नाथ से छत्तीसगढ़ सहित देशभर के लोगों की तरक्की और खुशहाली की कामना की है मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर दुर्ग और रायपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो रही है राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद बादल जमकर बरसे मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आई है वहीं खेती किसानी के काम को भी गति मिली हैं